कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से झालावाड से अपने दो दिन का दौरा शुरू करेंगे श्री गांधी आज झालवाड में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे कोटा पहुंचेंगे और वहां रोड शो करेंगे इस दौरान वे विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे रात को श्री गांधी कोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि श्री गांधी कल सीकर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में भाजपा के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है श्री पायलट ने बताया कि इस महीने के अंत में या अगले महीने के पहले सप्ताह में कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार भाजपा सरकार थीम को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी पार्टी के राजस्थान में चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि पार्टी प्रे आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में उतरी है

उन्होंने कहा कि भाजपा वसुंधरा राजे के नतृत्व में चुनाव लड रही है वहीं कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है

प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के तहत अजमेर में किन्नरों को मतदान के लिये शपथ दिलाई गई अजमेर से हमारे संवाददाता ओम माथुर ने बताया कि विभाग की ओर से लोगों को मतदान क प्रति जागरूक करने के लिये कई अन्य पहल भी की जा रही है

श्री कुमार ने कल जयपुर में सभी जिलों के स्वीप नोडल अधिकारियों की बैठक में प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि अभी तक आचार संहिता के उल्लंघन की कोई बडी शिकायत आयोग को नहीं मिली है उन्होंने बताया कि पोस मशीनों से निकलने वाली रसीदों से जुडी कांग्रेस की आपत्ति को निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक आर ए एस प्री का परीक्षा परिणाम कल मध्यरात्रि के बाद घोषित कर दिया

स्वास्थ्य सचिव और मिशन निदेशक एनएचएम नवीन जैन ने बताया कि स्वास्थ्य दल घरों के आस पास खुली नालियां नहीं रखने कचरा इधर उधर नहीं फेंकने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रयास करने मच्छर प्रजनन रोकथाम की जानकारी और पेयजल स्रोतों की उचित देखभाल करने के बारे में जानकारियां गांव तथा ढाणियों के निवासियों तक पहुंचायेंगे

चुरु जिले में सालासर बालाजी का मेला आज संपन्न हो जायेगा हमारे संवाददाता ने बताया कि मेला शाम को विशेष आरती के साथ सम्पन्न होगा

प्रतापगढ़ में गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर महाविद्यालय खो खो महिला और प्रुष वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

पहला मैच महिला वर्ग में एलबीएस प्रतापगढ और लियो महाविद्यालय बांसवाडा के मध्य हुआ इसमें एलबीएस विजयी रहा इसी प्रकार पुरूष वर्ग में एलबीएस कॉलेज प्रतापगढ और एपीसी के बीच हुए मैच में एपीसी महाविद्यालय विजयी रहा